कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर बल दिया बैठक के दौरान श्री मोदी ने कोरोना को फैलने से रोकने और संक्रमित लोगों के समुचित उपचार के लिए वाराणसी में जांच बिस्तरों दवाओं वैक्सीन और काय बल के बारे में जानकारी ली उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को जल्द से जल्द हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाये प्रधानमंत्री ने प्रशासन से वाराणसी की जनता को पूरी संवेदनशीलता के साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा उन्होंने कहा कि वाराणसी में बिस्तरों आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के दबाव के मद्देनजर उन्होंने हर स्तर पर प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी के प्रशासन ने जितनी तेजी से काशी कोविड रिर्पोन्स सेंटर की स्थापना की उतनी ही तेजी से प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए वाराणसी के जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को कोविड के उपचार और इससे बचाव के लिए क्षेत्र में की गई तैयारियों के बारे में बताया वीडियो कांफ्रेंस के दौरान राज्य के मंत्री नीलकंठ तिवारी रवीन्द्र जायसवाल कई जन प्रतिनिधियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उददेश्य से सभी जिलों में कल शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक पूर्ण बंदो जारी है इस दौरान मुख्य सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हआ है जगह जगह पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रास्तां को बंद कर दिया है केवल आपातकालीन सेवाएं जारी हैं आवश्यक कार्य से बाहर निकल रहे लोगों को शर्तों के साथ आवागमन की छूट दी गई है इस दौरान कई केन्द्रों पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को आईकाड दिखाकर केन्द्र तक जाने की अनूमति दी गई सड़कों पर सार्वजनिक वाहन प्रतिबंधित रहा इस बीच विभिन्न जिलों में स्वच्छता अभियान के साथ ही सेनेटाइजशन का कार्य भी कराया जा रहा है प्रदेश में कोरोना के सन्देह वाले रोगियों का इलाज भी कोरोना संक्रमितों जैसे ही किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों को संदिग्ध रोगियों का उपचार कोविड संक्रमित रोगी की तरह करने और उन्हें अस्पताल में अलग वार्ड में रखने के निर्देश दिए हैं संदिग्ध श्रेणी में ऐसे रोगी माने जाएंगे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है किंतु जिनके सीटी स्कैन और अन्य लक्षण कोविड संक्रमित रोगी जैसे हों

बड़े जिलों को पांच पांच करोड़ और छोटे जिलों को दो दो करोड़ रूपये दिये गये हैं

पिछले चौबीस घंटे में राज्य में तीस हजार पांच सौ छियान्नबे नये मामले आये हैं

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जनपदों में कोविड बेडा की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा रही है

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि सभी जनपदों में आक्सीजन युक्त कोविड बेड बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है

इस कार्य में डीआरडीओ का सहयोग मिल रहा है उन्होंने बताया कि रेमडेसिवर सहित विभिन्न दवाओं की उपलब्धता पर नजर रखी जा रही है

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है

इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन डेढ लाख शीशी बढ जाएगी कोरोना संक्रमण से बचाव दवाएं और इलाज के लिए राज्य के मंत्रियों ने अपनी विधायक निधि से धनराशि देना शुरू कर दिया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी विधायक निधि से डेढ़ करोड़ रूपये जारी करने के निर्देश दिये हैं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मथुरा जिले के चिकित्सालयों में कोरोना की जांच बचाव व इलाज के लिए विधायक निधि से एक करोड़ रूपये अवमुक्त करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी मथुरा को पत्र लिखा है स्टाम्प एवं पंजियन शुल्क राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रवीन्द्र जायसवाल ने भी मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में आवश्यक सामाग्रियों के लिये अपने विधायक निधि से एक करोड़ रूपये तत्काल प्रभाव से जारी किया

मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मतदान केन्द्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच रही हैं वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने आज बूथों पर पहुंच कर चुनाव कार्यों एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया अतिसंवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किये जा रहे हैं दूसरे चरण में जिन जनपदों में चुनाव होना है वे है मुजफ्फरनगर बागपत गौतमबुद्ध नगर बिजनौर अमरोहा बदायू एटा मैनपुरी कन्नौज इटावा ललितपुर चित्रकूट प्रतापगढ लखनऊ लखीमपुर खीरी सुल्तानपुर गोण्डा महराजगंज वाराणसी और आजमगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को स्वतंत्र सुरक्षित व शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और इन जिलों में तैनात किये गये प्रेक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं

स्वर्गीय हरिद्वार राय आजीवन रामायणी के रूप में भी आमजन मानस के बीच विख्यात रहे उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया चित्रकूट जिले में झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर के पास आज सुबह डम्पर और कार की टक्कर में मां बेटी सहित चार लोगों की मौत हो गइ जबकि पांच अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है मृतक महोबा जिले के निवासी थे